म्ख्यमंत्री बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्ष दो हजार बीस तक प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को टैंकर मुक्त करने के निर्देश दिए हैं आज रायपुर स्थित अपने निवास में विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा के दौरान श्री बघेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में खारे पानी की समस्या को दूर करने की बात कही उन्होंने वर्षा जल को संरक्षित करने के साथ ही तालाबों को सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए वहीं उन्होंने शहरी इलाकों में बारिश के पहले नालों और नालियों की सफाई करवाने कहा बैठक में श्री बघेल ने अधिकारियों से कहा कि किसानों को खाद बीज की कमी न होने पाए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी योजना की भी समीक्षा की कृषि आयुक्त समीक्षा अपर मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त के डी पी राव ने कहा है कि नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी योजना को खरीफ फसलों के साथ जोड़कर शासन की योजना का लाभ किसानों को दिलाया जाए श्री राव ने अम्बिकापुर में आयोजित बैठक में रबी फसल की प्रगति और खरीफ फसल की तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों को खरीफ फसलों के प्रमाणिक और गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराए जाए ताकि उन्हें अधिक कीमत पर बीज न खरीदना पड़े श्री राव ने नदी नालों के उद्गम स्थल से जल संरक्षण प्रारंभ करने और चुने हुए गांवों को जल उद्गम क्षेत्र से जोड़कर किसानों को कृषि के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही

इनमें से दो माओवादियों पर एक एक लाख रूपये का इनाम घोषित था इन माओवादियों ने कोन्टा एसडीओपी चंद्रेश ठाकुर और थाना प्रभारी शरद सिंह के सामने समर्पण किया इन पर विस्फोट आगजनी सहित कई माओवादियों घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है वहीं सुकमा में ही आज सुरक्षा बलों ने पांच लाख रूपये की एक इनामी महिला माओवादी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है हमारे संवाददाता के मुताबिक जिले के पुष्पाल थाना क्षेत्र से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रूप डीआरजी और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम सर्चिंग पर निकली थी इस दौरान चिंतलनार और मुंडवाल के जंगल में घेराबंदी कर इस महिला माओवादी को पकड़ा गया यह महिला माओवादी कांगेर घाटी एरिया कमेटी डीएकेएमएस की अध्यक्ष है इस पर हत्या और पुलिस पार्टी पर हमला करने का आरोप था गिरफ्तार महिला माओवादी को आज न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया लोकपाल वेबसाइट लोकपाल वेबसाइट शुरू हो गई है न्यायाधीश पिनाकी चन्द्र घोष ने नई दिल्ली में आज लोकपाल संगठन के सभी सदस्यों की उपस्थिति में इस वेबसाइट ूडब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लोकपाल डॉट जीओवी डॉट इन का शुभारम्भ किया इस वेबसाइट से लोकपाल की कार्यप्रणाली और कामकाज के बारे में मूल जानकारी उपलब्ध हो सकेगी इसके जरिये नियम और विनियम अधिसूचित करने तथा शिकायतें प्राप्त करने का प्रारूप तैयार किया जा रहा है पिछले महीने की सोलह तारीख तक प्राप्त सभी शिकायतें निपटाई जा चुकी हैं और बाद की शिकायतों पर जांच की जा रही है लोकपाल देश में अपनी किस्म का पहला संस्थान है जिसका गठन सार्वजनिक पदों पर आसीन लोगों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच और पूछताछ के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम दो हजार तेरह के अंतर्गत किया गया था सुप्रीम कोर्ट अध्यापक पात्रता उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटीईटी दो हजार उन्नीस में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गो को दस प्रतिशत आरक्षण दिये जाने संबंधी याचिका पर केन्द्र सरकार और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से जवाब मांगा है न्यायमूर्ति इंदिरा बैनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा है कि ये दोनों अपने जवाब मामले की अगली सुनवाई की तिथि पहली जुलाई तक दाखिल करें मानसरोवर यात्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल आठ जून से आठ सितम्बर तक होगी इस वर्ष लगभग तीन हजार लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है इनमें सात सौ चालीस महिलाएं हैं विदेश सचिव विजय गोखले ने कम्प्यूटर के जरिए यात्रा पर जाने वाले श्रद्वालुओं के नाम तय किए चुने गए यात्रियों को एसएमएस और ई मेल के जरिए जानकारी दी जा रही है आवेदन करने वाले लोग वेबसाइट के एमवाई डॉट जीओ वी डॉट इन पर पंजीकरण की स्थिति जान सकते हैं

यह परीक्षा दो पालियों में हुई पहली पाली में पीईटी की परीक्षा सुबह नौ बजे से दोपहर सवा बारह बजे तक आयोजित की गई वहीं दूसरी पाली में पीपीएचटी की प्रवेश परीक्षा दोपहर दो बजे से शाम सवा पांच बजे तक हुई मतगणना प्रशिक्षण प्रदेश में तीन चरणों में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब मतगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं इसे लेकर सभी जिलों में मतगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसी कड़ी में कल राजधानी रायपुर में रिटर्निंग अधिकारी सहायक रिटर्निंग अधिकारी उप निर्वाचन अधिकारी और मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया इस अवसर पर रायपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बसवराजू एस और बलौदाबाजार भाटापारा के कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने अधिकारियों कर्मचारियों को मतगणना की बारीकियों से अवगत कराया वहीं मास्टर ट्रेनर ने मतगणना के दौरान ईव्हीएम वीवीपैट से वोटों की गिनती सारणीकरण डाक मतपत्रों की गणना और निर्वाचन सामग्रियों को सील करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी

इस दौरान सभी इंटर्न्स ने अपने पिछले दो महीने के कार्य अनुभव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से साझा किए इन छात्रों ने बताया कि चुनाव संबंधी कार्य करना उनके लिए एक यादगार अनुभव रहा साथ ही उन्हें आदर्श आचार संहिता और आम निर्वाचन की बारीकियों को जानने समझने का मौका मिला संवाद कार्यक्रम में श्री साहू ने इन छात्रों को मीडिया के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान मीडिया संस्थानों से निष्पक्ष रिपोर्टिंग की अपेक्षा की जाती है निर्वाचन व्यय पेड न्यूज और चुनाव प्रचार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में रखने के लिए आदर्श आचार संहिता की अवधि में इसकी सतत् निगरानी भी की जाती है श्री साह ने इंटर्न्स को आम निर्वाचन के लिए की जाने वाली व्यापक व्यवस्था सुनियोजित कार्यप्रणाली और प्रबंधन के बारे में भी बताया गौरतलब है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की अभिनव पहल से रायपुर के क्शाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के तेईस विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल में इंटर्न्स के रूप में काम करने का मौका मिला था रोटा वायरस छत्तीसगढ़ में रोटा वायरस जनित दस्त से बच्चों को प्रभावित होने से बचाने के लिए राज्य सरकार ने रोटा वायरस टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है इसी कड़ी में रायपुर में सभी जिला टीकाकरण अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया इस अवसर पर स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक ने स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा कि वे रोटा वायरस से बाल मृत्यू दर में कमी लाने के लिए लोगों को जागरूक करें

दुर्घटना जांजगीर चांपा जिले में आज एक मालगाड़ी ने कार को ठोकर मार दी इस हादसे में कार में सवार ग्यारह लोग घायल हो गए जिनमें से पांच की हालत गंभीर बनी हई है मिली जानकारी के अनुसार धनेली गांव से कार में सवार होकर ये लोग बिलासपुर जा रहे थे इसी दौरान अकलतरा के मुरलीडीह में यह कार वहां से गुजर रही मालगाड़ी की चपेट में आ गई टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई कार में सवार सभी ग्यारह लोगों को चोटें आई हैं गंभीर रूप से घायल पांच लोगों को बिलासपुर रेफर किया गया है मौसम प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और लू की स्थिति बनी हुई है बिलासपुर में आज अधिकतम तापमान चवालीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ ब्रंदाबांदी होने के साथ ही प्रदेश के मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में तीस से चालीस किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई है संक्षिप्त समाचार अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर आगामी अट्ठारह मई को संस्कृति और पुरातत्व संचालनालय द्वारा रायपुर स्थित महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में पर व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है राज्य सरकार की ओर से नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में बीस मई तक चावल बिक्री मेले का आयोजन किया गया है